उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात किया गया है प्रमाकर चौधरी नए पुलिस अधीक्षक होंगे एक मंडल अधिकारी और थाना प्रभारी का भी स्थानांतरण कर दिया गया है राज्य सरकार ने यह कार्रवाई खुफिया विभाग के अपर महानिदेशक एस वी शिरोणकर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद की है विशेष जांचदल भी इस मामले की जांच कर रहा है बुलंदशहर हिंसा के सिलसिले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और गांव का एक व्यक्ति मारा गया था पांच लोगों को कल गिरफ्तार किया गया इस बीच हिंसा के वीडियो फूटेज में दिखाई दिए सेना के एक जवान जीत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का एक दल जम्मू कश्मीर मेजा गया है प्राथमिकी में जीतू का भी नाम है पुलिस महानिदेशक के जनसंपर्क अधिकारी राजेन्द्र गौतम ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्य आरोपी योगेश राज को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है भारतीय मूल के आठ देशों के चालीस से अधिक विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली में गृहराज्यमंत्री किरन रिजिजू से मुलाकात की ये विद्यार्थी भारत को जाने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत आए हैं पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिज ने कहा कि विदेशों में भारतीय समृदाय ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निमाई है और भारत को विश्व की एक ताकत के रूप में दर्शाने में एक अहम अंग हैँ आज भारत जो है दूसरी सबसे बड़ी डायसपोत्रा है और करोड़ों भारतीयतोग जो विदेशों में रहते हैं यो हमारी प्रंजी हैं यो हमारी ताकत है और उनके माध्यमसे हम और लोगों तक पहुंचते हैं

विदेश मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से इन विद्यार्थियों के लिए पच्चीस दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया है य्वा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने कहा है कि देश में खेलकूद के लिए माहौल और लोगों की सोच बदल रही है आज नई दिल्ली में जागरण कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए कर्नल रातौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये है अब क्रिकेट के ही नहीं बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उभरकर सामने आ रहे हैं युवा कार्य और खेल मंत्री ने दो हजार चौदह में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद खेलकद को बढावा देने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नये उमरते खिलाडियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने के लिए ओलिम्पिक टॉस्क फोर्स का गठन किया है और टारगेट ओलिम्पिकपोडियम नाम की योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर ही खेल प्रतिभाओंका पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाडियों को वरिष्ठ स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके भारतीय नौ सेना आज पनडुब्बी दिवस मना रही है यह दिन उन्नीस सौ सड़सढ में आज ही के दिन देश की पहली पनडुब्बी आई एनएस कार्वेरी को भारतीय नौ सेना मेंशामिल किये जाने की स्मृति में मनाया जाता है उन्तीस साल की सेवा के बाद यह पनडबी इक्कतीस मई उन्नीस सौ छान्नवे को प्रचलन से हटा ली गयी थी इस महीने की तीन तारीख को वार्षिक नौ सेना दिवस संवाददाता सम्मेलन में नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने परमाणु पनडुबी आई एन एस अरिहन्त को नौसेना में लिये जाने के बारे में बताया था उन्होंने इसे भारत की परमाणु शक्ति के तीन प्रमुख आधारों में से एक बताया था आकाशवाणी से बातचीत में नौ सेनाके जन संपर्क अधिकारी कैप्टन डी के शर्मा ने बताया कि भारतीय नौ सेना मजबूत हो रही है आज प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन हुये मेरठ में आज जनपद न्यायाधीश अव्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सक्सैना की अध्यक्षता मे लोक अदालत का आयोजन किया गया जिला जज अलोक सक्सेना ने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एव समझौते के आधार पर सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लम्बित वाद जैसे सिविल वाद फौजदारी के शमनीय वाद एक सौ अड़तीस एनआई एक्ट के अन्तर्गत वाद श्रम वाद पारिवारिक वाद लोक अदालत के माध्यम से बहत सारे केसों को निपटाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटर डिसिपिलिनरी नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रदेश का पहला क्लीन रूम फेसिलिटी सेंटर बनने जा रहा है जिसमें बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी सेंटर की खास बात यह होगी कि यहां तैयार किए जाने वाले नैनो पार्टिकल्स के साइज और कलर में कोई बदलाव नहीं होगा इस सुविवा के बाद एएमयू नैनो पार्टिकल्स का व्यवसायीकरण भी कर सकेगा भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसके लिए बजट दिया है